नामांकन की प्रकिया पूरी होने के बाद अब प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत उम्मीदवारों ने प्रचार शुरू कर दिया है

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज जयप्र में कई स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे है हवामहल विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने कहा कि भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत शामिल है

अंत में बगरू विधानसभा क्षेत्र के जगतपुरा में आमसभा को संबोधित करने का कार्यकम है इधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने आज टोंक में जनसंपर्क किया

श्री पायलट ने कहा कि टोंक में चुनाव में मुख्य मुददा विकास का है

विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क कर वे कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए

उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाये श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों की समस्याओं को दूर किया जायेगा उन्होंने भाजपा शासन में राज्य में किसानों की समस्यायें दूर नहीं होने के भी आरोप लगाये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधव सिंह दीवान भाजपा में शामिल हो गये है आज जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केन्द्रीय मंत्री तथा प्रदेश के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की श्री दीवान ने कांग्रेस के टिकट वितरण पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वह बिना शर्त भाजपा में शामिल हुए है जहां पार्टी चाहेगी वहां वो काम करेंगे

प्रदेशभर में निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान को बढ़ावा देने के लिये नवाचार किये जा रहे है इसी के तहत ऑनलाईन संकल्प पत्र की शुरूआत की गई है

कल शाम मुम्बई में बोर्ड और सरकारी पक्ष के बीच हुई बैठक में यह भी फैसला किया गया कि रिजर्व बैंक का वित्तीय निगरानी बोर्ड बैंक की तात्कालिक सुधारात्मक कार्रवाई संरचना और आर्थिक पृंजी संरचना के तहत बैंक की वित्तीय स्थिति से जुड़े मुद्दों की जांच करेगा

एसबी राज्यवर्धन राठौड़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कल चित्तौडगढ जिले में एक पटवारी को पांच हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगें हाथों गिरफ्तार किया पटवारी ने ये राशि कब्जाशुदा भूखंड के बारे में नोटिस को दूर कराने की एवज में ली थी